झाबुआ उप चुनाव के लिये राजनीतिक सरगर्मियां तेज भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों सहित कई उम्मीद्वारों ने भरा नामांकन नीति आयोग ने जारी की स्कूली शिक्षा में राज्यों की गुणवत्ता रेंकिंग मध्यप्रदेश एक स्थान पिछड़ा उचित मूल्य की दूकानों पर राशन की आपूर्ति में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसी की होगी जवाबदारी

नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डे ने आज इसकी घोषण की आज से इससे जुड़े पखवाड़े की शुरूआत भी हई जिसके अंतर्गत देशभर में विभिन्न आयोजन किये जाएंगे इस इस दौरान ढाई लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सारी दुनिया अवसरों की धरती के रूप में भारत की ओर देख रही है

उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय ने दुनियाभर में अनेक क्षेत्रों में खासतौर पर विज्ञान और टैक्नॉलोजी के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में नवाचार सामूहिकता की भावना और टैक्नॉलोजी विश्व के तीन प्रमुख स्तम्भ बनेंगे झाबुआ उपचुनाव झाबुआ उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया और भाजपा उम्मीदवार भानू भूरिया सहित कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित आधा दर्जन मंत्री मौजूद रहे इससे पहले श्री भूरिया और श्री नाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया वहीं भाजपा उम्मीद्वार भानु भूरिया के नामांकन से पहले आयोजित जनसभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेता इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है

करने के साथ ही चुनाव प्रचार भी अब तेज हो जाएगा

इस सूची में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और थावरचंद गहलोत के नाम शामिल हैं

इनमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है

इसमें सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय के कुलपति और उच्च शिक्षा व्यवस्था से सम्बद्ध विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी शामिल हुए बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति और राज्यपाल लालजी टंडन ने की इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यपाल से लेकर द्वारपाल तक सभी पदों की जिम्मेदारी निर्धारित है उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक पालन करने वाले पुरस्कृत होंगे वहीं काम में लापरवाही करने वाले दंड के भागी होंगे बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की गई जागरूकता कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो छतरपुर द्वारा आज जिले के खैरी गांव में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

इस सूची में सम्पूर्ण प्रदर्शन रैकिंग में केरल पहले राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है

वृद्विशील प्रदर्शन रैंकिंग में हरियाणा पहले असम दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है छोटे राज्यों की सम्पूर्ण प्रदर्शन की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष पर है जबकि त्रिपुरा दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है मेघालय को वृद्विशील प्रदर्शन रैंकिंग में पहला स्थान मिला उसके बाद नागालैंड और गोवा का स्थान रहा संवाददाताओं से बातचीत में श्री कांत ने कहा कि वृद्विशील राज्य महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने लम्बी छलांग लगाई है

आयुष्मान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि पिछले एक वर्ष में पचास लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज का लाभ उठाया आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह योजना न केवल देश में बल्कि प्ररी दुनिया में लोकप्रिय है उन्होंने कहा कि विश्व के लोग अब आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानना और इसी तरह की योजना अपने देश में लागू करना चाहते हैं राशन आपूर्ति खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने उचित मूल्य दुकानों पर राशन की आपूर्ति समय पर करने के निर्देश दिए हैं श्री तोमर ने खाद्यान्न आपूर्ति में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों और एजेन्सी की जबावदेही तय करने को कहा

इसके लिए कार्पोरेशन टेण्डर प्रक्रिया द्वारा परिवहनकर्ताओं का निर्धारण करता है उन्होंने कहा कि जिन एजेन्सियों द्वारा काम में ढिलाई या लापरवाही बरती जाती है उनके विरूद्व तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए उन्होंने टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्वता अपनाने के निर्देश दिये हैं

इसके तहत राजधानी में प्लास्टिक दान केन्द्र श्रू किये जा रहे हैं यहां लोग अपनी बेकार प्लास्टिक सामग्री को दान कर सकते हैं

इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और भोपाल महापौर आलोक शर्मा शामिल होंगे उन्होंने बताया कि दान केन्द्र पर प्राप्त प्लास्टिक को रीसाइकिल किया जाएगा इससे होने वाली आय से गरीबों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी

पटवारी प्रदर्शन उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा सार्वजनिक मंच से पटवारियों को कथित तौर पर भ्रष्टाचारी कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है आज इंदौर उज्जैन दतिया विदिशा सहित कई जिलों में पटवारियों ने प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा मंत्री से माफी की मांग की मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पटवारी संघ ने माफी नहीं मांगने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है

जिसमें संसद की कार्यवाही के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई